इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिदंल सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने जनमंच कार्यकमों की अध्यक्षता की मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने जनमंच कार्यक्रम के सफल आयोजन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि लोगों ने इसमें बढ़चढ़ कर भाग लिया भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीक जन्माष्टमी पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है जन्माष्टमी पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति वैकैंया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी हैं राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी हैं इस बीच प्रदेश के विभिन्न भागों में कल भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया और लोगों ने पूरी धार्मिक श्रद्वा के साथ श्रीकृष्ण मदिरों में पूजा अर्चना की

इस बीच मणिमहेश यात्रा का छोटा स्नान कल रात्रि से आरम्म हो गया जो आज शाम तक चलेगा बड़ा स्नान राधाअष्टमी के दिन होगा जिसके साथ ही ये यात्रा आधिकारिक तौर पर सम्पन्न हो जायेगी भरमौर के एडीएम पीपी सिंह ने बताया कि यात्रा को देखते हुए श्रद्वालुओं की सुविघा और सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं

मध्यम पर्वतीय इलाकों व निचले स्थानों पर कहीं कहीं भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने चंबा की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा व मौसम से जुड़ी खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है

दैनिक सवेरा टाईम्स लिखता है हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के बाद मणिमहेश यात्रा आधिकारिक रूप से शुरू

आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल में अभी दो दिन और सतायेगी बारिश सहकारी बैंक भर्ती जांच में देरी पर सीएस ने किया जवाब तलब सहकारिता विभाग ने पत्र लिखकर जिम्मेदार अफसरों को बचाने का जताया अंदेशा अमर उजाला की एक खबर है

दागी शिक्षक को राज्य पुरस्कार शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है शिक्षा मंत्री ने शिकायत मिलने के बाद दिए जांच के आदेश पंजाब केसरी की सुर्खी है पुलिस टीम पर हमला कर चरस आरोपी को छुड़ा ले गई भीड़ दो दर्जन लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाली करके वाहन को नुक्सान पहुंचाया आपका फैसला लिखता है पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का स्वास्थ्य स्थिर वहीं पंजाब केसरी वीरभद्र सिंह के हवाले से लिखता है घबराने की जरूरत नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं

आपका फैसला की सुर्खी है एशियन गेम्स से लौटी हिमालची बालाओं का बिलासपुर में स्वागत श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी खबरें भी आज अधिकांश समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं एक नजर सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल अपने सम्पादकीय जर्काता में जीती हिमाचली आबोहवा शीर्षक से लिखता है कि एशियन गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने भारत का नाम रौशन किया है जिससे भविष्य में खेल के और सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद हैं दैनिक जागरण ने सम्पादीय खतरे की अनदेखी में लिखा है कि दुर्गम मणिमहेश यात्रा के पहले दिन ही जानलेवा साबित होती रही है